प्रदेश के अनेक भागों में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार शिमला सहित राज्य के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट कई जिलों में मार्ग अवरूद्ध सिखों के दसवें गुरू गुरू गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर गुरूद्वारों में हुए विशेष धार्मिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला नगर निगम उपचुनाव में भाजपा की जीत को सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का परिणाम बताया है शिमला स्थित अपने सरकारी आवास में आज भाजपा मण्डल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास और लोगों के कल्याण के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग पौने पांच वर्षो में देश को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया है इस दौरान शुरू हुई अनेक योजनाओं का देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक बलवीर वर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता व पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ऊना जिले के कृटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में करीब दो सौ करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं क्षेत्र की कोटला खुर्द पंचायत में आज एक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्वां तटीकरण के तहत आने वाले समय में बसाल धमांदरी संजोट और बरनोह खड्डों का भी तटीकरण किया जाएगा उन्होंने बताया कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है

उन्होंने जन समस्याएं सुनकर इनका निपटारा भी किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि लोगों को गुणात्मक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं

विपिन परमार ने जन समस्याएं सुनकर इनका मौके पर ही निपटारा भी किया लोहडी प्रदेश के अनेक भागों में लोहड़ी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये त्योहार शीत ऋतु की समाप्ती का प्रतीक भी माना जाता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में स्थानीय लोगों के साथ लोहड़ी मनाई उन्होंने लोगों को इस पर्व की बधाई दी और उम्मीद जताई कि ये त्योहार सभी के जीवन में समुद्धि और ख्रशहाली लाएगा लोहड़ी के मौके पर ऊना जिले के बंगाणा में हए कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं दीं ऊना से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार इस दिन बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी के परम्परागत गीत गाते हैं लोग ये पर्व देर रात तक उल्लास के साथ मनाते हैं इस बीच कल मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर तैयारियां चल रही है इस दिन लोग इन स्थानों पर पवित्र स्नान के लिए पहंचते हैं शिमला और मंडी जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तत्तापानी में भी श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं

इस दौरान वे तत्तापानी में घाट विकास कार्य और सतलुज नदी के तटों के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यो की आधारशिला रखेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री ज़िलास्तरीय मकर संक्रांति मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने सहित जनसभा को भी संबोधित करेंगे इसके बाद जयराम ठाक्र का तत्तापानी के समीप जस्सल संवीधार उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने केन्द्र सरकार से चम्बा और लाहौल स्पीति ज़िलों की सीमाओं पर पुलिस बल के साथ तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में किसी तरह के कोई कटौती न करने का आग्रह किया है इस मामले को लेकर उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सांसद अनुराग ठाकुर के माध्यम से निवेदन पत्र भेजा है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात हिमपात हुआ है जिससे समूचा राज्य ठण्ड की चपेट में है शिमला व इसके साथ लगते पर्यटन स्थलों पर ये इस साल की दूसरी बर्फबारी है उधर लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू सिरमौर और चम्बा ज़िले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात का समाचार है

बर्फबारी से जिले में जहां अंदरूनी सड़के बंद हैं वहीं पेयजल पाइपें जमने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है उधर किन्नौर ज़िले में भी अंदरूनी मार्गो पर यातायात बाधित है ऊपरी शिमला और किन्नौर जिले के लिए बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही मशोबरा बसंतपुर मार्ग से हो रही है उधर क्ल्लू ज़िले में बंजार आनी सड़क भी जलोड़ी जोत पर बर्फबारी के कारण बाधित है पर्यटन नगरी मनाली में कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है हालांकि मनाली घूमने आए सैलानियों ने बर्फबारी का भरपूर आनन्द लिया ताज़ा बर्फबारी से चम्बा पांगी चम्बा भरमौर चम्बा पठानकोट सहित अन्य मार्गो पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है पांगी घाटी में भारी बर्फबारी से सेब मटर आलू समेत कई फसलों को नुकसान हुआ है पांगी के कार्यकारी आवासीय आयुक्त बी भारती ने लोगों से खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है

विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है दूसरी ओर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर चम्बा और कुल्लू ज़िले के कुछ स्थानों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है

इस अवसर पर प्रदेशभर के गुरूद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला में हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्म समाज का आदर्श है और इसके प्रति आदर श्रद्वा और समर्पण होना बेहद ज़रूरी है उन्होंने कहा कि गुरू गोबिंद सिंह जी का बलिदान और बहादुरी न केवल सिख धर्म बल्कि समाज और मानवता के लिए प्रेरणा बना उन्होंने कहा कि हम सभी को महापुरूषों की गाथाएं पढ़कर भावी पीढ़ियों को इनकी जानकारी देनी चाहिए

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्र व आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्रों में बदलने का निर्णय लिया है इन केन्द्रो में युवाओं को परामर्श देने से रोज़गार और प्लेसमेंट के अवसर मिल सकेंगे बैठक लाहौल स्पीति कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आज केलंग में ज़िला अध्यक्ष मेघचंद की अध्यक्षता में हुई इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम शीतकालीन भत्ता बढ़ाने मिनी सचिवालय का जल्द निर्माण करने और आवास सुविधा देने सहित कर्मचारियों के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई

महासंघ अध्यक्ष मेघचंद ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करेगी